प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक रामदयाल उइके भाजपा में शामिल हुए

विस चुनाव सोशल मीडिया प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार से संबंधित कानूनी प्रावधान अन्य प्रचार माध्यमों की तरह ही सोशल मीडिया पर भी लागू होंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं प्रत्याशियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में जानकारी देनी होगी और नामांकन के साथ हलफनामा दाखिल करना होगा सोशल मीडिया समेत इंटरनेट की सामग्री पर भी आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है अन्य व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया में डाले जाने वाली सामग्री के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है उन्होंने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार बिना सक्षम प्राधिकारी के पूर्व प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापन नहीं दे सकेगा निर्वाचन शपथ पत्र आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के संबंध में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ फॉर्म छब्बीस में शपथ पत्र दाखिल करना होगा इसमें आपराधिक मामलों संपत्तियों देनदारियों और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी घोषित करनी होगी इसके अलावा अब संशोधित फॉर्म छब्बीस हलफनामा भी दाखिल करना पड़ेगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में विस्तुत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप छब्बीस में संशोधन किया गया है इसके अनुसार यदि प्रत्याशी किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है तो उसे अपने लंबित आपराधिक प्रकरणों के संबंध में राजनीतिक पार्टी को सूचना देनी होगी संबंधित राजनीतिक पार्टी की यह बाध्यता होगी कि वह प्रत्याशी से संबंधित जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें प्रत्याशी के लिए अनिवार्य होगा कि न्यायालय में लंबित और सजा सुनाए गए आपराधिक मामलों के संबंध में निर्धारित प्रारूप में बहुप्रसारित समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में विज्ञापन देकर कम से कम तीन बार प्रकाशित और प्रसारित करवाना भी अनिवार्य होगा विस चुनाव तैयारी प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले और दूसरे चरण के तहत क्रमशः सोलह और छब्बीस अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र जमा करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा इसके लिए सभी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं रायपुर जिले की सात विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण के तहत छब्बीस अक्टूबर से नामांकन भरे जा सकेंगे कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसवराजू एस ने आज कलेक्टोरेट में जिले की सभी विधानसभा सीटों के रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी जिले में विधानसभा चुनाव के सुचारू संचालन के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पंद्रह अक्टूबर को कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में रखा गया है उइके गर्ग सदस्यता प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक रामदयाल उइके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं श्री उइके ने बिलासपुर में आयोजित समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की श्री उइके पाली तानाखार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वरिष्ठ जनजातीय नेता श्री उइके को इस वर्ष के शुरू में प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था वहीं वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व संपादक रूचिर गर्ग ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है श्री गर्ग एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के भी सदस्य थे र्वे प्रदेश के कई अखबारों और टीवी चैनलों में शीर्ष पदों पर रहे हैं हाल ही में उन्होंने रायपुर से प्रकाशित एक हिन्दी दैनिक के संपादक पद से इस्तीफा दिया था चुनावी सरगर्मियां प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा भी शुरू हो गया है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज हेलीकॉप्टर से दंतेवाड़ा गए और इसके बाद जगदलपुर और राजधानी रायपुर में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए रायपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है कार्यकर्ता इस पार्टी के मालिक है उधर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बिलासपुर में सभा ली उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव में सभी को मिलकर काम करना होगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमें गांव गरीब वाली सरकार बनानी है कार्यक्रम को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अजीत जोगी ने भी संबोधित किया

कार्रवाई के दौरान विभिन्न जिलों में वाहनों से नगद राशि जेवरात और अन्य सामग्रियां जब्त की जा रही हैं रायपुर पुलिस ने एक वाहन से करीब साढ़े छियालीस लाख रूपये से भरा बैग जब्त किया है सिविल लाइन पुलिस इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर प्रछताछ कर रही है पुलिस ने इसकी सूचना आयकर विभाग को भी दे दी है वहीं भिलाई पुलिस ने कुम्हारी टोल प्लाजा के पास एक कार से दो सौ तिरालीस किलोग्राम चांदी जब्त की है इसकी कीमत करीब पचहत्तर लाख रूपये आंकी गई है ये चांदी के जेवरात सोलह बैगों में रखे गए थे इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है उधर बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने जांच के दौरान एक वाहन से कंबल और शॉल बरामद किया है इस मामले में पुलिस वाहन चालक से पूछताछ कर रही है गरियाबंद रायगढ़ मतदाता जागरूकता गरियाबंद में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लाइवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों ने रंगोली और चित्रकारी के जरिये मतदाता जागरूकता का संदेश दिया कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरके खूंटे ने विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए उधर रायगढ़ में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोकतंत्र की ज्योति मशाल रैली निकाली गई इसमें विभिन्न कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया यह रैली विभिन्न मार्गों से होते हुई रायगढ़ स्टेडियम में संपन्न हुई इस मौके पर कलेक्टर शम्मी आबिदी पुलिस अधीक्षक दीपक झा और धावकों ने लोकतंत्र की ज्योति प्रज्जवलित कर जन जन तक मतदान का संदेश दिया कवर्धा में स्कूली बच्चों ने चल कबीरधाम मतदान करे बर थीम के साथ मानव श्रृंखला बनाकर मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत इन बच्चों ने एक दूसरे का हाथ थामते हुए कबीरधाम जिले का मानचित्र तैयार किया इस कार्यक्रम में सात हजार से अधिक स्कूली बच्चे और अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल हुए

पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि माओवादियों ने चेरपाल के साप्ताहिक बाजार में धारदार हथियार से हमला किया इस हमले में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस दौरान सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी को मार गिराया है वहीं सुकमा जिले में तीन माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया इनमें से दो माओवादियों पर आठ आठ लाख रूपये का इनाम घोषित था इनके खिलाफ कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है इसी जिले के चिंतलनार के लखापाल इलाके से सुरक्षा बलों की टीम ने माओवादियों द्वारा लगाए गए एक सौ पैंतालीस स्पाईक बरामद किए हैं विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से माओवादियों ने ये स्पाईक गड्ढे में छिपाकर रखे थे इधर कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के मारकनार में माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी दो दिन पहले माओवादियों ने इस ग्रामीण का अपहरण कर लिया था और आज सुबह उसका शव सड़क के किनारे पड़ा मिला स्पेशल ट्रेन रेलवे प्रशासन ने दशहरा और दीपावली त्यौहार के दौरान ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ तथा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है सांतरागाछी और हापा के बीच यह साप्ताहिक एसी स्पेशल ट्रेन छह फेरों में चलाई जाएगी रेलवे सूत्रों के मुताबिक यह ट्रेन सांतरागाछी से हापा के लिए उन्नीस और छब्बीस अक्टूबर तथा दो नौ और सोलह नवम्बर को चलेगी वहीं पद्रह बाईस और उनतीस अक्टूबर तथा पांच बारह और उन्नीस नवंबर को यह ट्रेन हापा से सांतरागाछी के लिए चलाई जाएगी जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में कांकेर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी संक्षिप्त समाचार जांजगीर चांपा जिले में विधानसभा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में दो बूथ लेवल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है वहीं पांच अधिकारियों को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण नोटिस जारी किया गया है

इसकी कीमत लगभग छह लाख रूपये बताई गई है